शिमला स्थित इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी पर आयोजित एक कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि रोबोट द्वारा की गई सर्जरी वास्तव में एक वैज्ञानिक चमत्कार है और आईजीएमसी में इस मशीन को उपलब्ध करवाने पर सरकार विचार करेगी उन्होंने कहा कि सरकार अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा आईजीएमसी और स्वास्थ्य महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि आईजीएमसी देश के स्वास्थ्य संस्थानों में से एक प्रमुख स्थान बनकर उभरा है और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने के उदेश्य से जागरूकता शिविर लगाने पर बल दिया है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल शाम सोलन में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में हुई एक बैठक में उन्होंने ये बात कही राज्यपाल ने कृषि विभाग से किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा

उन्होंने बदलते परिवेश के अनुसार अध्यापकों के नियमित प्रशिक्षण की जरूरत भी बताई बंडारू दत्तात्रेय ने युवाओं को स्वच्छता व फिट इंडिया कार्यक्रम के बारे में जागरूक बनाने के निर्देश भी दिए राज्यपाल ने जिले मेँ चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ली सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने अधिकारियों को लोगों के कार्य बिना किसी विलम्ब के प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं सोलन में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को हलके में लेने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा इस दौरान सैजल ने बिजली पानी सड़क व स्वास्थ्य सहित अनेक मुद्दों पर प्राप्त हुई शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया बिक्रम ठाकूर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आहवान किया है

उद्योग मंत्री ने सभी विभागों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने पर ध्यान दे रही है मंडी जिले के नेरचौक स्थित लाल बहाद्र शास्त्री राजकीय आर्य्वविज्ञान संस्थान में खून के नमूनों के परीक्षण के लिए निर्मित अत्याध्रनिक प्रयोगशाला के लोकार्पण अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही

उन्होंने सांसद निधी से संस्थान को रोगी वाहन भी भेंट किया सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज कांगड़ा ज़िला राजकीय उच्च पाठशाला लदवाड़ा के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया इस अवसर पर उन्होंने बताया कि धमूल और भोगल कूहलों का कार्य अगले चार महीने में पूरा कर लिया जाएगा और कुटैड में नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा उन्होंने सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या पर चिंता जताई खेलकूद सोलन में युवा सेवा व खेल विभाग द्वारा आज दिव्यांग बच्चों की ज़िला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई

इस से बच्चों को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से ये प्रतियोगिता आयोजित की गई ताकि ये बच्चें भी मुख्यधारा से जुड़कर देश निर्माण में अपना योगदान दे सके